प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक द्वीट संदेश में यह जानकारी दी है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यह पुरस्कार प्रदान करेंगे समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा उनके अलावा असम के गायक भूपेन हजारिका और सामाजिक कार्यकर्त्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा

शिमला में आज प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुददे पर झठा प्रचार कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉनसन के दौरान बाढ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और इस दिशा में सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्कूलों और महाविद्यालयों में वित्तीय साक्षरता देने को समय की मांग बताया है नई दिल्ली में वित्तीय साक्षरता विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है

क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो के माषण में करो या मरो का आहवान किया था कृतज्ञ राष्ट्र ने आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया स्वागत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने आज ऊना जिले में प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जैजों में नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत किया

रेडक्रॉस प्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष साधना ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश में हर शिक्षण संस्थान के परिसर को हरा भरा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं मंडी जिले में नेरचौक मेडिकल कॉलेज परिसर में आज पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी से इस दिशा में सहयोग का आहवान किया विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में जन सहभागिता से पौधरोपण अभियान चलाया है और हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं मानधन श्रम व रोजगार विभाग ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पैंशन योजना को लेकर लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र ठाकर ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यह योजना शुरू की गई है इसके तहत पंजीकृत लोगों को सांठ वर्ष की आयू पूरा होने पर तीन हजार रुपए की पैंशन सुविधा का लाभ मिलेगा ऊना जिले के अम्ब में भी कार्यशाला के दौरान योजना की जानकारी दी गई इसमें सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों पंचायत प्रधानों सचिवों और लोकमित्र केंद्र संचालकों ने भाग लिया

उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से अब स्थानीय युवाओं को सुंदरनगर और मंडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे शिविर पंचायत प्रतिनिधियों को न्यायिक मामलों की जानकारी देने के लिए ऊना में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आज शुरू हुआ प्रतिनिधियों को मामलों के निष्पादन के संबंध में अवगत करवाया गया ताकि ग्रामीणों को पारदर्शी सुलम और शीघ्र न्याय दिलाया जा सके शिविर में जानकारी सामने आई कि ग्राम पंचायत को फौजदारी दीवानी राजस्व और भरण पोषण संबंधी मामलों में सुनवाई का अधिकार है कार्य शाला महिला व बाल विकास विभाग ने कामकाजी महिलाओं को स्तनपान के बारे में जागरूक करने के लिए आज सोलन में कार्यशाला लगाई इस अवसर पर उपायक्त केसी चमन ने कहा कि महिलाए समाज की रीढ हैं और सही स्तनपान से वे अपने बच्चों को स्वस्थ्य रख सकती हैं महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए चलाई गई योजनाओं से भी अवगत करवाया गया